कहा पर्यावरण को बचाने के लिए जन आंदोलन चलाना समय की है मांग केन्द्र सरकार ने नवजात शिशुओं में आनुवंशिक रोगों के निदान के लिए नई पहल उम्मीद शुरू की आयुष्मान भारत योजना का एक साल पूरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना को बताया पचास करोड़ से अधिक भारतीयों के लिये उम्मीद की किरण प्रदेश में ग्यारह विधानसभा सीटों के लिये होने वाले उप चुनाव के लिये कल अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु कार्रवाई सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए जन आंदोलन चलाना समय की मांग है क्लाइमेटर्चेज को लेकर दुनियाभर में अनेक प्रयास हो रहे हैं लेकिन हमें यह बात स्वीकारनी होगीकि इस गंभीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए उतना नहीं किया जा रहा है जितना की होनाबहत अनिवार्य है आज जरूरत है एक कॉप्रेहरिव एपरोच की जिसमें एजूकरान वैल्यूजऔर लाइफ स्टाइल से लेकर डवलवमेंट फिलोश्पी भी शामिल हों आज जरूरत है विहेवियर चेंजके लिए एक विश्व व्यापी आंदोलन खड़ा करने की उन्होंने कहा कि हम गैर जीवाश्मईघन की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि हमने मिशन जल जीवन शुरू किया है और पचास अरब डॉलर खर्च करने की योजना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के करण होने वाले नुकसान की रोकथान मे उल्लेखनीय प्रयास किए हैं कल न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए अभी बहत कृष्ठ किया जाना है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मार्गदर्शक सिद्वान्त आवश्यकता है लालच नहीं उन्होने विश्व नेताओं को बताया कि भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबन्धित कर दिया है उन्होने अन्य देशों से भी ऐसा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय उर्जा विकल्पो के क्षेत्र में भारत ने अपनी प्रतिबद्वताएं पूरी करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है उन्होने कहा कि सरकार ने पन्द्रह करोड़ परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराई है श्री मोदी ने जल संसाधनों के विकास के लिए जल जीवन मिशन का भी उल्लेख किया संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गोतेरस ने जलवायु समस्या से निपटने की एकजुट कार्यवाही के लिए सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श के उद्देश्य से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था जलवायु सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कवरेज पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को सम्बोधित किया बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय और राजनीतिक सहयोग प्राप्त करना था प्रधानमंत्री श्री मोदी ने व्यापक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने की दिशा में भारत के सशक्त उपायों का उल्लेख किया उन्होने कहा कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगो से मुक्ति पाना नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सुलभ स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के व्यापक प्रयास किए है इस उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर तमीम बिन हमात के साथ बैठक की श्री तमीम ने योग को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए प्र्यानमंत्री के प्रयासों की सराहना की दोनों नेतओं ने भारत और कतर के बीच व्यापक सम्बंधों की समीक्षा भी की प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की आज न्यूयार्क में बैठक होगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार राष्ट्रपति ट्रम्प से मिलेंगे शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सम्बोधन के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प अप्रत्याशित रूप से वहां उपस्थित थे इस वर्ष फ्रान्स में जी सेवेन और रूस में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक के दौरान भी दोनों नेताओं की भेंट हयी थी केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रोगों के निदान के लिए नई पहल उम्मीद शुरू की है नई दिल्ली में कल इस पहल की शुरूआत करते हुए केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जीन से संबंधित जन्म और अनुवांशिकीय बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं

इनका भी यह अधिकार है कि इनको सही प्रकार का ट्रिटमेंट भी मिले यह विषयजो है इसमें रिसर्च का कम्पोनेंट बहत स्ट्रोंग है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयष्मान भारत लागू होने का एक वर्ष पूरा होने पर कल देशभर में आय्मान भारत दिवस मनाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि आयुष्मान भारत केवल एक स्वास्थ्य देखभाल योजना ही नहीं है बल्कि यह जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित पचास करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण है

इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी विकित्सा बीमा योजना है और यह प्रधानमंत्री जी की स्वस्थ्य और समर्थ भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक सिद्ध हो रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत राज्य में एक करोड़ अट्ठारह लाख से अधिक परिवार आच्छादित है और छह करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल रहा है इस अभियान के अन्तर्गत अब तक सैंतालीस लाख नौ हजार से अधिक लामार्थियों को गोल्डन कार्ड प्रदान किये जा चुके हैं मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में अब तक एक हजार नौ सौ दस चिकित्सालयों को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सूचीबद्द किया गया है जिनमें से एक हजार चार सौ चौवालीस निजी क्षेत्र के हैं साथ ही इनमें पच्चीस मेडिकल कॉलेज है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने तय किया है कि एम वी वी एस की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों से बांड भराया जायेगा जिसमें उन्हें दो वर्ष की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में देनी होगी इसी प्रकार एमडी और एमएस करने वाले चिकित्सकों से भी बांड भराया जायेगा और उन्हें भी एक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देनी होगी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चालीस लाभार्थियों को उपहार भी प्रदान किये प्रदेश के विभिन्न जनपदों से भी इस अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार है प्रदेश की ग्यारह विधानसभा सीटों के लिये होने वाले उप निर्वाचन के लिये कल अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई आगामी तीस सितम्बर तक नामांकन कराया जा सकेगा नाम निर्देशन की जांच एक अक्टूबर को की जायेगी और प्रत्याशी तीन अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे इन सीटों के लिये इक्कीस अक्टूबर को मतदान कराया जायेगा तथा चौबीस अक्टूबर को मतगणना होगी जिन सीटों पर उप निर्वाचन होना है वे हैं सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ की इगलास लखनऊ की केन्दोमेंट सीट कानपुर की गोविन्द नगर चित्रकूट की मानिकपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैदपुर अम्बेडकर नगर की जलालपुर बहराइच की बलहा और मऊ जनपद की घोसी सीट इनमें से तीन सीटें इगलास बलहा और जैदपुर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है उधर हमीरपुर विद्यान सभा उपचुनाव के लिए कल मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शातिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया इक्यावन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया कहीं से किसी भी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना के समाचार नहीं है यहां चार लाख से अधिक मतदाताओं के लिये दो सौ छप्पन मतदान केन्द्रों पर चार सौ छियत्तर पोलिंग बूथ बनाये गये थे भाजपा विधायक अशोक सिंह चन्देल को अदालत द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी भाजपा बसपा सपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नौ उम्मीदवार च्नाव मैदान में हैं